राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जाएगा जागरूक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

इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजुद रहेंगे

इसके साथ ही श्री गडकरी प्रदेश की सात सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि इन सड़कों के निर्माण से राज्य में सम्पर्क सुविधा बेहतर होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद द्वारा बनाए गए तीन प्रगतिशील कृषि कानून देश में सुशासन के महत्वपूर्ण बेंचमार्क हैं

श्री तोमर ने कहा कि कान्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को भी लाभ होगा जो अब अपनी उपज पूर्व निर्धारित और नियत मूल्यों पर बेच सकेंगे कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार देश में किसानों का विकास सुनिश्चित करने के लिए तीव्रगति से काम कर रही है उन्होंने कहा कि निजी निवेश कृषि सहित किसी भी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति है

एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि पॉजिटिव नमूने चुनी हुई जीनोम सिक्वेंसिंग प्रयोगशालाओं को भेजें स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने ब्रिटेन से भारत आने वाले यात्रियों के संबंध मेंएक बैठक में समीक्षा की उन्होंने कहा कि राज्यों को चुनी हई छह प्रयोगशालाओं की सूची और नोडल अधिकारियों का ब्यौरा भी प्रदान किया गया है राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे संबंद्व हवाई अड़डा स्वास्थ्य अधिकारियों और अपने राज्यों में निगरानी अधिकारियों के साथ समन्वय करे ताकि एसओपी की पालना सुनिश्चित की जा सके

गृह विभाग ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट के संबंधित निर्देशो की सख्ती से पालना करवाई जाए और कफ़्यू का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाए

चिकित्सा मंत्री डॉ रघ शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट आना प्रदेश के लिए शुभ सेकेत हैं लेकिन अभी भी सभी नागरिकों को पूरी तरह सजग और सतर्क रहना होगा चिकित्सा मंत्री ने आमजन से क्रिसमस और नववर्ष के दौरान थोड़ा संयम रखते हुए घरों में रहकर इन उत्सवों को मनाने की अपील की है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रुखंला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश

इसका इस्तेमाल देशभर में कोविड वैक्सीन वितरण तंत्र को प्रभावी बनाने में किया जाएगा मंत्रालय के स्टार्टअप हब एमएसएच पोर्टल पर शुरू किए गए इस चैलेंज के तहत प्रतिभावान और नवाचार संबंधी स्टार्टअप्स तथा उभरते प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है